उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर मंदिर में दर्शनार्थी कर सकेंगे गर्भगृह से दर्शन

इस वर्ष के आयोजन में पर्यावरण से जुड़े मुददों पर भी जोर दिया जाएगा रबर मैट के स्थान पर खादी से बनी योग मैट का प्रयोग किया जाएगा

मध्यप्रदेश में भी योग दिवस पर विभिन्न जिलों में आयोजन किये जाएंगे

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नागरिकों और विशेष रूप से युवाओं से आग्रह किया है कि वे योग को अपनाएं उन्होंने कहा कि योग से न्याय और धर्म का साथ देने की प्रेरणा मिलती है वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने एक संदेश में कहा है कि योग से मन के भीतर नकारात्मक शक्तियों के स्थान पर सकारात्मक उर्जा का संचार होता है

इनमें डॉक्टर वकील युवा और व्यापारी प्रमुख रूप से शामिल हैं

आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने सांसदों से अनुरोध किया कि वे बहनों और बेटियों के जीवन को और अधिक सम्मानपूर्ण बनाने के लिये सरकार के प्रयासों का समर्थन करें

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर शशांक मिश्र की अध्यक्षता में कल आयोजित बैठक के दौरान रविवार छोड़कर आम दर्शनार्थियों को गर्भगृह में दर्शन की अनुमति का निर्णय लिया गया

श्री चौहान ने आज मृतक के घर जाकर उनके दिव्यांग माता पिता और परिजनों से मुलाकात की उन्होंने इस मौके पर कहा कि आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर कल भोपाल में धरना देंगे

बारात मंडला जिले से सिवनी जिले के बखारी गांव आई थी

पुलिस ने सभी मृतकों के शवों को पोस्ट मार्टम के लिये अस्पताल भिजवाया

वहीं हरदा जिले में एक कांग्रेस नेता को धमकाने और अभद्रता करने के मामले में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया

ग्राम पंचायत धवन चोरबरहटा को सील कर दिया गया है